श्री चौहान ने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अन्रोध किया है म्ख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में आज कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे

राज्य के लोक सेवा आयोग ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अन्सार परीक्षाएं कल ही कराने का फैसला किया है इंदौर भोपाल और जबलप्र में रविवार के लॉकडाउन के बावजूद विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अन्मति दी जाएगी

उधर आगरमालवा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ह्ए मामलों को देखते ह्ए जिला परिवहन अधिकारी ने कल बस स्टेण्ड पहुंचकर बस मालिकों व कर्मचारियों को नए निर्देशों की जानकारी दी मु्रैना जिले में बिना मास्क लगाए पाए जाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी

समीक्षा बैठक में योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिय आगरमालवा छिंदवाड़ा शहडोल सीहोर और अलीराजप्र जिले कों उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों एवं प्रदेश द्वारा किये गये प्रयासो की सराहना और राज्य की टीम को भी बधाई दी गई मध्यप्रदेश को विगत वर्ष भी योजना क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रस्कृत किया गया था प्लिस पदोन्नति ग़ह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार टीआई को एसडीओपी बनाने पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि अभी कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक को उच्च पद का प्रभार सौंपने का कार्य सरकार ने किया है डॉ मिश्रा रतलाम में एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार